यह जानकारी मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल लोहित जिले में तेजू में अरुणाचल राईजिंग केंपिंग के दौरान आयोजित रैली में दी उन्होंने कहा कि हालही में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक के दौरान उन्हें बताया गया कि काफी समय से लंबित इस हवाई अड़डे के निर्माण की मंजूरी के लिए जरुरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिले में सभी ग्रूप सी पदों को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भरा जाएगा और संबंधित जिले के लोगों को वरीयता दी जाएगी उन्होंने कहा कि राज्यपाल सचिवालय मुख्यमंत्री कार्यालय और सिविल सेक्रेटेरियट जैसे कार्यालयों के लिए रिक्त पदो की भर्ती बोर्ड द्वारा सभी के लिए ओपेन जॉब भर्ती के माध्यम से किया जाएगा

केंद्रीय मंत्री के साथ दौरे में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू भी होंगे अरुणाचल प्रदेश एक सीमांत राज्य होने के कारण यह परियोजना राष्ट्र के लिए रणनीतिक रुप से महत्वपूर्ण है इससे क्षेत्र में संपर्क बेहतर होगा और रोजगार के नये अवसर भी प्रदान करेगा जिससे सामाजिक आर्थिक विकास में भी बढोत्तरी होगी

शिविर में तीन सौ से भी ज्यादा कामगारों ने भाग लिया और पंजीकृत कामगारों को पंजीकरण फॉर्म जारी किया गया शिविर में लोगों को कामगार कल्याण बोर्ड के अंदर पंजीकृत होने के लाभों के बारे में जानकारी भी दी गई इस अवसर पर कामगारों को विभिन्न सामग्री भी वितरित किया गया अपर सुबनसिरी जिले में कल हुई टाटा सूमो दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रुप से घायल हुए दुम्पोरिजो से ईटानगर जाती कैब पुचीगेको के निकट सुबह करीब सात बजे दुर्घटनाग्रस्त हुए घायल व्यक्तियों को तत्काल जिला अस्पताल दापोरिजों ले जाया गया इस बीच मृतक के परिजनो ने ड्राईवर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया है पिछले कुछ दिनों से तवांग जिले में भारी बर्फभारी होने की रिपोर्ट मिली है बर्फभारी के कारण तवांग को तेजपूर के साथ जोड़ती राजमार्ग सहित कई जगहों में यातायात प्रभावित है जांग और सेला पास के बीच कई वाहनों के फंसे रहने की रिपोर्ट मिली है स्थिति को देखते हुए पूलिस ने एक अधिसूचना जारी कर जांग सड़क के साथ सभी प्रभावित राजमार्ग में केवल चेन वाहनों की आवाजाही को मंजूरी दी है

उन्होंने कहा कि राज्यों को भारतीय संचार निगम को पर्वतीय क्षेत्रों में संचार टॉवर लगाने के लिए बिना किसी विलंब के अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा संचार मंत्री ने कहा कि आठ हजार पांच सौ करोड़ रुपये की परियोजनाओं के पूरा होने से पूर्वोत्तर के दूरदराज के क्षेत्रों में संचार सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी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 आज का अधिकतम तापमान चौबीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेरह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया